नामांकन विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखरी दिन था विभिन्न राजनैतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किये पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने बुदनी से अपना नामांकन भरा भाजपा की ओर से यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं वे पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने आज एकसाथ अपने पर्चे दाखिल किये इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में भोपाल जिले की सभी सात विधानसभा सीटों के पार्टी प्रत्याशियों को तिलक लगाया श्री चौहान भोपाल उत्तर की प्रत्याशी फातमा सिद्दीकी का नामांकन भरवाने के बाद विदिशा और राजगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे जबलपुर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की मौजूदगी में प्रत्याशियों ने अपने नामांकन जमा किये जबकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा इस अवसर पर गुना में मौजूद रहे पार्टी की ओर से केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सतना नरेन्द्र सिंह तोमर ग्वालियर राधामोहन सिंह खरगौन सुरेश प्रभू खण्डवा मुख्तार अब्बास नकवी मंदसौर बाबुल सुप्रियो सागर हंसराज अहीर छिंदवाड़ा उमा भारती होशंगाबाद में नामांकन दाखिले के वक्त मौजूद थे होशंगाबाद से पूर्व केन्द्रीय मंत्री सरताज सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा भरा है वे कल ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं भोपाल में कांग्रेस की ओर से आरिफ अकील नरेश ज्ञानचंदानी और गिरीश शर्मा ने भी अपने नामांकन भरे पार्टी की ओर से पर्चा भरने वालों में पूर्व मंत्री नरेन्द्र नाहटा और सुभाष सोजतिया प्रमुख हैं भाजपा प्रत्याशी डाक्टर सीतासरन शर्मा ने भी अपना पर्चा दाखिल किया भाजपा के जिन प्रत्याशियों ने आज अंतिम दिन नामांकन दाखिल किया उनमें मंत्री जालम सिंह पटेल श्रीमती कृष्णा गौर आकाश विजयवर्गीय रमेश मेंदोला ऊषा ठाकुर अजय विश्नोई और मोती कश्यप शामिल हैं असंतोष विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण को लेकर प्रमुख राजनैतिक दलों कांग्रेस भाजपा में नाराजगी देखी जा रही है भाजपा ने जहां चार मंत्रियों सहित अपने करीब पचास विधायकों के टिकट काट दिये हैं वहीं कांग्रेस ने भी अपने आधा दर्जन मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है टिकट वितरण से नाराज पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह तेन्द्रखेड़ा से भाजपा विधायक रहे संजय शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है ये दोनो नेता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं पूर्व विधायक रमेश खटीक ने भी भाजपा से नाता तोड़कर सपाक्स से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है उन्होंने शिवपुरी जिले की करैरा सीट से नामांकन भरा है वहीं पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल गुना जिले की बामौरी रामकृष्ण कुसमारिया ने दमोह और पथरिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी के बेटे नितिन चतुर्वेदी राजनगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं दोनो ही दलों के कई प्रमुख नेताओं ने टिकट न मिलने से नाराज होकरे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चे दाखिल किये हैं अरुण पीसी प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्य में इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी बुदनी से अपना नामांकन दाखिल करने से पूर्व भोपाल में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करायेंगे श्री यादव ने कहा कि भाजपा के पिछले पन्द्रह साल के शासन से आमलोग परेशान हैं अब वे बदलाव चाहते हैं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे सीएम बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव को अपने खिलाफ प्रत्याशी बनाये जाने पर आज भोपाल में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा की विचारधारा विरोधियों पर पत्थर फेंकने की नहीं है वे श्री यादव का सम्मान करते हैं श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले छह महीने में श्री यादव के साथ दो बार अन्याय किया पहले उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर अपमानित किया गया फिर उन्हे कहीं ओर से प्रत्याशी बनाये जाने की बजाय बुदनी से चुनावी रण में उतार दिया गया स्टार प्रचारक कांग्रेस ने अपने छत्तीस स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है कांग्रेस सूची में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गाँधी अध्यक्ष राहल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा राज्य की राजनगर विधानसभा सीट से ॅअपने बेटे को समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल करवाने वाले पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी का नाम भी शामिल है पार्टी के अन्य स्टार प्रचारकों में प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्ध के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के अलावा पार्टी की मीडिया प्रमुख शोभा ओझा का नाम भी शामिल है वहीं भाजपा पहले ही अपने चालीस स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है भाजपा के स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अभित शाह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फणनवीस के अलावा केंद्रीय मंत्री उमा भारती धर्मेन्द्र प्रधान नरेन्द्र सिंह तोमर थावरचंद गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्वे संगठन महामंत्री रामलाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह मंत्री नरोत्तम भिश्रा शामिल हैं कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे जनता के बीच जायें और पार्टी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए काम करें श्री कमलनाथ ने आज अपने द्वीट में लिखा कि पार्टी ने सभी अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता उनकी विजय के लिए जुट जायें और भाजपा की जनविरोधी नीतियों को मतदाताओं के बीच बेनकाब करें

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएलकान्ताराव ने बताया है कि इस दौरान तीन हजार पचास अवैध हथियार जब्त किये गये हैं और दो लाख पचपन हजार दो सौ दो शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत सोलह लाख चवालीस हजार नवासी प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं इनमें से पन्द्रह लाख इन्क्यान्नवे हजार तीन सौ एक प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है इसी अवधि में वाहनों के दुरूपयोग पर दस हजार आठ सौ पैतालीस प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं

लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिये हैं एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता अठहत्तर बच्चे शामिल होंगे इस उत्सव के तहत राजधानी के शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या विद्यालय और सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर विद्यालय में पेण्टिंग एकल नृत्य सुगम संगीत और गायन स्पर्धाये आयोजित की जायेंगी इनमें विजेता प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कला उत्सव में शाभिल होने का अवसर मिलेगा

उन्नीस सौ बयासी बैंच के अधिकारी श्री दास के कार्यकाल के दौरान विभाग ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई नवाचार किये गये और बड़ी संख्या में करदाताओं को जोड़ा सुविधा भोपाल के हमीदिया अस्पताल में अब सिटी स्कैन सुविधा चौबीस घण्टे मिलने लगी है मरीजों को ओपीडी के बाद इसके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता था इस समस्या का निराकरण करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने यह सुविधा चौबीस घण्टे उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे

पहले यह आयोजन चौदह नवम्बर से होना था जनजाति कला नृत्य संगीत और साहित्य पर केन्द्रित इस महोत्सव में जनजाति भाषा और साहित्य पर शोधपत्र प्रस्तुत किये जायेंगे महोत्सव में देशभर से एक सौ तीस जनजाति विशेषज्ञ शामिल होंगे भाईदूज आज भाई दूज का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया गया इस अवसर बहनों ने भाइयों के माथे पर टीका लगाकर उनके दीर्घायू की कामना की

मान्यता है कि भगवान सूर्य के पूत्र यमराज और पूत्री यमूना दोनो भाई बहन है यह भी किवदंती है कि यमराज ने यमुना की प्रार्थना पर कहा था कि जो भाई भाईदूज के दिन बहन के यहां तिलक करवाकर भोजन करेगा उसे मृत्यु के समय यमराज का भय नही रहता है मौसम कश्मीर में हो रही बर्फवारी का असर प्रदेश में भी महसूस होने लगा है प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है सर्द हवा के चलने से राजधानी भोपाल के तापमान में करीब तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है यहां का न्यूनतम तापमान बारह दशमलव सात डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो कल के मुकाबले एक दशमलव सात डिग्री सेल्सियस कम रहा वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट ऑई है यह तापमान शून्य दशमल पांच सेल्सियस कम हुआ है जो सामान्य से एक दशमलव दो डिग्री सेल्सियस कम है ग्वालियर में आज सुबह से सर्द हवा चलने के साथ ध्रंध छाई हुई है दिन और रात के तापमान में तीन गुना अंतर दर्ज किया गया है मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले चौबीस घण्टों में सर्दी और बढ़ सकती है